जीएसटी केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पिछले महीने अक्टूबर में कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी से राजस्व संग्रह एक लाख पांच हजार एक सौ पचपन करोड़ रुपये रहा

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी संग्रहण एक लाख करोड़ रुपये से पार होना देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत है

यहां मंगलवार को वोट डाले जायेंगे जबकि मतों की गिनती दस नवम्बर को की जायेगी प्रचार के अंतिम दिन सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोक दी मुरैना के अंबाह में जहां केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने रोड शो किया वहीं कांग्रेस की ओर से मुरैना में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चोहान ने आगर और देवास के हाटपिपल्या और राजगढ़ के ब्यावरा में मोर्चा संभाला भाजपा कार्यवाही भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार को पार्टी से निकाल दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया है दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता गजराज सिंह सिकरवार और उनके बेटे सत्यपाल सिंह सिकरवार फिलहाल भाजपा में हैं जबकि सत्यपाल सिंह के भाई सतीश सिंह सिकरवार कुछ दिन पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हए थे और उन्हें ग्वालियर से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है आरोप है कि सत्यपाल सिंह अपने भाई संतीश सिंह सिकरवार के समर्थन में कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे उधर सतपाल के समर्थकों ने इस कार्यवाही के विरोध में रैली निकालकर अपना रोष व्यक्त किया मतदान तैयारी राज्य में होने वाले उपचुनाव में भी कोरोना संक्रमण से बचाव के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं इसी के तहत मुरैना जिले में दो स्थानों से मतदान सामग्री का वितरण किया जायेगा वहीं शिवपुरी में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मतदान केन्द्रों को सैनेटाइज करने के निर्देश दिये हैं ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में उपचुनाव वाले क्षेत्र में विभिन्न मतदानकेन्द्रों पर महिलाओं ने मतदाताओं के स्वागत के लिए रंगोलियां बनाई हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है उधर इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सामुदायिक भवनों लॉज होटलों आदि में सांवेर विधानसभा के निवासियों के अलावा अन्य किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं रहेगी

अब तक एक लाख साठ हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर नौ हजार से नीचे पहंच गई है सीहोर में आज एक व्यक्ति में संकमण की पुष्टि हुई वहीं एक व्यक्ति के स्वस्थ होने पर अस्पताल से छट्टी दी गई

बड़वानी में दो नये संकमित मिले वहीं सात लोग संकमणमुक्त होकर घर लौटे

जन आंदोलन पूर्व ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी समीर दाद ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश छत्तीसगढ आन्ध्रप्रदेश सहित पांच अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्थापना दिवस पर शभकामनाएं दी हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बधाई दी है होशंगाबाद र्स हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य कार्यकम में मध्यप्रदेश गान के साथ ही मुख्यमंत्री के पत्र का वाचन किया गया रीवा में राज्य के स्थापना दिवस पर शासकीय इमारतों में विशेष विद्युत साज सज्जा की गई है बड़वानी अनूपपुर सहित राज्य के सभी जिलों में स्थापना दिवस मनाया गया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

मौसम उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश की फिजा में ठण्डक घोल दी है रात और सुबह के वक्त भोपाल सहित कई जिलों में सर्दी महसूस होने लगी है राज्य में कई स्थानों पर करीब सवा महीने बाद कल दिन और रात का तापमान सबसे कम रहा मौसम विभाग के मुताबिक शहडोल संभाग में न्यूनतम तापमान में पिछले चौबीस घण्टों के दौरान गिरावट आई

छिंदवाड़ा के सौंसर जाम सांवली मंदिर आज से श्रद्दालुओं के लिए खुल गया है